इस यात्रा से भारत और अमरीका के सम्बंधों में आयी है और मजबूती केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने पूंजीगत व्यय में वृद्धि के लिए सभी विभागों से विभिन्न एजेंसियों के लंबित भुगतान में तेजी लाने को कहा हमीरपुर सदर विधानसभा सीट पर हुए उप चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के युवराज सिंह हुये विजयी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी बधाई प्रदेश में पिछले तीन दिनों से हो रही लगातार बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त

न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के चौहत्तर्वे अधिवेशन को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और विश्व को इसके खिलाफ एकजुट होना चाहिए आतंक के नाम पर बटी हुई दुनिया उन सिद्वांतों को ठेस पहुंचती है जिनके आधार पर यूएन का जन्म हुआ है और इसलिए मानवता के खातिर आतंक के खिलाफ प्रे विश्व का एक मत होना एक जूट होना मैं अनिवार्य समझता हूं श्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद पर बटा हुआ विश्व संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के मुख्य उद्देश्य को नुकसान पहुंचाता है क्योंकि इसकी स्थापना ही हर तरह के आतंकवाद को समाप्त करने के लिए हुई थी उन्होंने कहा कि शांति और सदभाव समय की जरूरत है उन्होंने शिकागो में स्वामी विवेकानंद के कहे शब्दों को याद किया जब उन्होंने विश्व समुदाय से मतभेदों को भुलाने की अपील की थी यूएन पीस कीपींग मिशन्स में सबसे बड़ा बलिदान अगर किसी देश ने दिया है तो वो देश भारत है हम उस देश के वासी हैं जिसने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं शांति का संदेश दिया है और इसलिए हमारी आवाज में आतंक के खिलाफ दुनिया को सतर्क करने की गंभीरता भी है और आक्रोश भी प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने दुनिया को युद्ध नहीं बल्कि बुद्ध दिया है विश्व के मामलों में नयी दिशा प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र से मांग करते हए प्रधानमंत्री ने कहा कि बह पक्षवाद और सामूहिक जिम्मेदारी को प्राथमिकता दी जानी चाहिए श्री मोदी ने कहा कि जन भागीदारी से जन कल्याण के भारत के नारे को अब जन कल्याण से जग कल्याण का रूप दिया गया है हमारा प्राण तत्व है कि जन भागीदारी से जन कल्याण और ये जन कल्याण भी सिर्फ भारत के लिए नहीं जग कल्याण के लिए हो जन कल्याण से जग कल्याण और तभी तो हमारी प्रेरणा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास अपने अटठारह मिनट के सम्बोधन के दौरान तालियों की गड़गडाहट के बीच प्रधानमंत्री ने कहा कि जलवाय परिवर्तन पर भारत की भूमिका बहत छोटी है लेकिन ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में भारत की भूमिका बहत बड़ी है अगर इतिहास और पर कैंपिटा एम्मिशन के नजरिए से देखें तो ग्लोबल वार्मिंग में भारत का योगदान बहुत ही कम रहा है लेकिन इसके समाधान के लिए कदम उठाने वालों में भारत एक अग्रणी देश है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अमरीका की एक सप्ताह की यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं वे फ्रैन्कफर्ट में कुछ देर के लिए रूकने के बाद नई दिल्ली पहचेंगे इस यात्रा से भारत और अमरीका के सम्बंवों में और मजबूती आई है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल चौहत्तरवें संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय बैठक से इतर भूटान के प्रधानमंत्री लोते शेयरिंग बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस अनास्तासियादिस से मुलाकात की केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने सभी मंत्रालयों से अगली चार तिमाही के लिए पूंजीगत व्यय की विस्तृत जानकारी देने को कहा है ताकि सरकार आर्थिक वृद्धि पर ध्यान केन्द्रित कर सके प्रमुख मंत्रालयों के सचिवों और वित्तीय सलाहकारों से चर्चा के बाद संवाददाता सम्मेलन में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि बैठक का उद्देश्य सभी सेवा प्रदाताओं के बकायों का भुगतान सुनिश्चित करना है उन्होंने कहा कि मंत्रालयों ने आपूर्तिकर्ताओं जिनमें से अधिकतर लघ स्क्षम मझोले उद्यम है उनके वस्त और सेवा कर के बकाये के भुगतान कर दिये हैं उन्होंने कहा कि बाकी भुगतान अगले कुछ दिनों में कर दिया जायेगा

एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने विचार साझा करने की अपील की है उन्होंने लोगों को माई जी ओ वी ओपन फोरम या नमो ऐप पर अपने विचार भेजने के लिए आमंत्रित किया है हमीरपुर सदर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना कब्जा बरकरार रखा है इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार युवराज सिंह ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सपा के मनोज प्रजापति को सत्रह हजार सात सौ इकहत्तर मतों से पराजित किया है बसपा तीसरे और कांग्रेस उम्मीदवार चौथे स्थान पर रहे

हमीरपुर सदर विधानसभा सीट पर उप चुनाव भाजपा विधायक अशोक सिंह चन्देल को अयोग्य ठहराये जाने के बाद कराया गया था इस सीट पर तेईस सितम्बर को मतदान कराया गया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा प्रत्याशी की जीत पर बधाई देते हुए क्षेत्र के मतदाताओं का भाजपा पर विश्वास बनाये रखने के लिये आभार प्रकट किया है प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता कल्याण सिंह बाबरी मस्जिद विध्वंस से संबंधित मामले में कल लखनऊ में विशेष सीबीआई की अदालत में पेश हए अदालत ने कल्याण सिंह को दो लाख रूपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है इससे पूर्व राजस्थान के राज्यपाल के रूप में अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद सीबीआई की विशेष अदालत ने कल्याण सिंह को अदालत में पेश होने के लिये आदेश जारी किया था उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर विशेष सीबीआई अदालत इस मामले में सुनवाई कर रही है विदित है कि छह दिसम्बर उन्नीस सौ बांनवे में जब अयोध्या में ढांचा गिराया गया था उस समय कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे इस मामले में कल्याण सिंह के अलावा भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी उमा भारती और मुरली मनोहर जोशी आरोपी है निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश और बिहार में राज्यसभा की एक एक सीट के उप चुनाव की घोषणा कर दी इन दोनों सीटों के लिए सोलह अक्तूबर को वोट डाले जाएंगे ये दोनों सीट उत्तर प्रदेश से पूर्व केंद्रीय मंत्री अरूण जेटली और बिहार से वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानी के निधन के कारण खाली हई थीं प्रदेश के कई जनपदों में पिछले तीन दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है पिछले तीन दिनों में वर्षा जनित हादसों में बीस लोगों की मृत्य होने के समाचार है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट राज्य को बारिश से कोई राहत नहीं मिली है और पानी भरने तथा ट्रैफिक जाम की वजह से सड़क यातायात दूरी तरह प्रभावित हुआ है राज्यानी लखनऊ सहित राज्य के कई इलाकों में बीते चौबीस घंटों से लगातार बारिश हो रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को पीड़ित लोगों को तुरन्त राहत पहुंचाने और जल भराव की समस्या को तेजी से खत्म करने के निर्देश दिये हैं सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ क्षेत्रीय मैसम विज्ञान केन्द्र के निदेशक जेपी गुप्ता ने बताया कि पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्छ स्थानों में बारिश का सिलसिला आज और जारी रहेगा उन्होंने कल से पूरे प्रदेश में मौसम साफ होने की संभावना व्यक्त की है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अतिवृष्टि से मरने वालों के आश्रितों को चार लाख रूपये दिये जाने के निर्देश दिये है मुख्यमंत्री ने घायलों के लिये समुचित उपचार की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिये हैं उन्होंने प्रदेश में कृष्ठ स्थानों पर पिछले दिनों से लगातार हो रही बारिश से जल भराव की स्थिति में जल निकासी की उचित व्यवस्था करने के भी लिये कहा है मुख्यमंत्री ने बाढ़ और अतिवृष्टि के मददेनजर सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों से पूरी तत्परता से राहत कार्य सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये हैं